कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ौतरी जारी है

इन सभी लोगों ने देश के अन्य भागों से प्रदेश में प्रवेश किया था और यहां पहंचने के बाद ये संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में थे पांचों संक्रमित लोगों को खडड गांव स्थित कोविड केंद्र में भेज दिया गया हैं वहीं दसरी ओर जिला चंबा में भी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिंव पाया गया है

उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर आयुर्वेदिक अस्पताल बालू में शिफ्ट किया गया है उधर मण्डी जिला के धर्मपुर उपमंडल में भी आज एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है

उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि इस यूवति में कोरोना संकमण के प्रत्यक्ष लक्षण नहीं है उन्होंने कहा कि ये युवति हाल ही में अपने माता पिता के साथ मुंबई से लौटी थी और उसका पूरा परिवार संघोल में संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रह रहा था इसके अलावा कांगड़ा जिला के पंचरूखी और हमीरपुर जिला के बड़सर क्षेत्र के बड़ाग्राम में भी कोरोना पॉजिटिव का एक एक मामला सामने आया है

घर वापसी कोरोना महामारी के चलते बाहरी राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों की घर वापसी और प्रवासियों को उनके गह राज्य भेजने का सिलसिला बदस्तर जारी है

उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि रेलगाड़ी से समी यात्रियों को जिला वार उतारा गया और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए उना जिला प्रशासन ने दो रास्ते बनाए थे ताकि यात्रियों को उतरने में किसी तरह की असुविधा न हो स्टेशन से बाहर निकलने से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्कीनिंग की गई उन्होंने कहा कि चिकित्सीय जांच के बाद सभी यात्रियों को खाने पीने की सामग्री और पानी की बोतलें व सेनिटाईजर प्रदान किए गए उसके बाद एचआरटीसी की बसों में बिठाकर उनके गणतव्य की ओर रवाना कर दिया गया घर वापसी करने वाले सभी लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुरूप जांच के बाद ही इन सभी लोगों को रवाना किया गया

गोविंद ठाकुर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों का दौरा किया और आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया उपायुक्त ऋचा वर्मा और पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित अन्य अधिकारियों को क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होंने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे युवाओं से बातचीत की और उनका कशल क्षेम जाना गोविंद ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को वापिस लाने के लिए राज्य सरकार ने सुनियोजित और पुख्ता व्यवस्था बनाई है उन्होंने बाहर से आने वाले सभी लोगों से संस्थागत क्वारंटीन में नियमों का पालन करने का आग्रह किया ताकि राज्य में कोरोना संकमण को नियंत्रित किया जा सके उन्होंने कहा कि घरों में भी क्वारंटीन अवधि के दौरान पूरी एहतियात बरतें सुक्ख कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और नादौन के विधायक सुक्खविन्दर सिंह सुक्खू ने कोरोना महामारी के चलते गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने मूल वेतन को प्रदेशवासियों की सेवा के लिए देने का फैसला लिया है विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार को लिंखे पत्र में उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जब तक कोरोना महामारी रहेगी वे तब तक सिर्फ एक रूपया वेतन लेंगे और बाकि का पूरा वेतन कोविड फंड के लिए समर्पित करेंगे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना जिला के बंगाणा उपमंडल की लमलैहड़ी पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि मनरेगा के तहत सरकार के दिशा निर्देशों पर ही काम होगा और किसी भी विकास कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदरों की दिहाड़ी दो सौ दो कर दी है और हर पंचायत के हर वार्ड में मनरेगा के तहत विकास कार्य शुरू करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत दो हजार पांच सौ करोड़ खर्च किए जा रहे हैं जो इतिहास में पहली बार हो रहा है

कंवर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने बिना भेदभाव व राजनीति से प्रेरित केवल विकास को गति देने का काम किया है और मनरेगा के तहत कई रिकॉर्ड कायम किए है उन्होंने इस दौरान मनरेगा मजदूरों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया ईद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश वासियों खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद उल फितर की बधाई दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि अनेकता में एकता ही हमारी शक्ति है और हम सभी को एकजूट होकर समाज में शांति व सदभावन को बनाए रखते हुए राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुदृढ करना चाहिए मुख्यमंत्री ने अपनी शभकामनाए देते हुए कहा कि पवित्र रमजान माह के बाद मनाए जाने वाला ईद उल फितर का त्यौहार समी के लिए खूशियां लेकर आता है उन्होंने विश्वास जताया कि ये त्यौहार लोगों में आपसी भाई चारे शांति व सदभावना को सुदृढ करेगा बीजेपी भाजपा के उपाध्यक्ष व शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरूषोतम गुलेरिया ने कहा है कि भाजपा ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और संगठन मंत्री पवन राणा के मार्गेदर्शन में लॉकडाउन के दौरान जन सहयोग व जन सेवा के लक्ष्य को सामने रखते हुए अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया है ताकि कोई भी व्यक्ति भोजन व दवा के अभाव में न रहे उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडडा ने प्रदेश भाजपा को एक विशेष कार्य योजना दी है उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी सारी ऊर्जा व संसाधन को इसी जन सेवा कार्य के लिए समर्पित किया जिसके चलते सरकार व संगठन के बेहतरीन तालमेल से सेवा कार्य आगे बढ़ा

उन्होंने कहा कि प्रदेश को देश के कोरोना प्रभावित लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर के तौर पर प्रस्तुत करना राज्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है राठौर ने मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि उन्हें प्रदेश की समस्याओं पर खूद मंथन कर उसकी व्यवहारिकता पर सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए

विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में बागवानों के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटी हेलनेट उपलब्ध है और बागवान एंटी हेलनेट की आवश्यकता पर अपने अपने जिलों के बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं

रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक बीते छः माह में विभिन्न विभागों को विकास के लिए अढ़ाई करोड़ रूपए की धनराशि स्वीकृत करवाई गई जिसके माध्यम से धर्मशाला नगर निगम और पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य होंगे इस दौरान विधायक के समक्ष करीब एक हजार व्यक्तिगत व सामहिक शिकायतें भी पहची जिनमें अधिकतर का निपटारा किया गया जबकि सड़क व पुल से संबंधित समस्याओं के निपटारे के कार्य प्रगति पर है